सटीक लक्ष्य भेदने वाली नाग मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है और जमीन पर पांच से सात किलोमीटर तक मार कर सकती है आज सुबह हुए इस परीक्षण के समय डीआरडीओ तथा सेना के अधिकारी मौजूद थे राज्य के छह नगर निगमों के चुनाव के लिए आज नाम वापसी का आखरी दिन है नाम वापसी के बाद इस चुनाव के लिए उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी

निगम चुनावों के तहत कल प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे इस बीच प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव कार्यालय खोलने शुरू कर दिए हैं

राज्य सरकार के अनुरोध पर केन्द्र ने प्रदेश में मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद को मंजूरी दे दी है

अब किसान एक नवंबर से मूंगफली बेचने के लिए ई मित्र या खरीद केन्द्रों पर पंजीयन करा सकेंगे

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक सम्पर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से आज राजस्थान और असम साहित्य की सांझी विरासत विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है यह वेबिनार राष्ट्रीय एकता दिवस और एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत रखी गई है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने आज कांतिकारी स्वाधीनता सेनानी अशफाक उल्लाह खान की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की एक ट्वीट संदेश में श्री नायडु ने कहा कि अशफाक उल्लाह खान ने निर्भीक कार्यों और अपनी प्रेरक शायरी से लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना का संचार किया मौसम विभाग ने आज अजमेर भीलवाड़ा टोंक नागौर अलवर दौसा धौलपुर भरतपुर जयपुर करौली बूंदी कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है